प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत आठ संसदीय क्षेत्रों में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन सभी सीटों पर शाम छह बजे तक औसत मतदान तिरसठ दशमलव छह नौ प्रतिशत रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन आठ सीटों पर वोट डाले गये उनमें सहारनपुर कैराना मुजफ़फ़रनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर शामिल है और जानकारी हमारे लखनऊ संवाददाता से कुछ क्षेत्रों में ईवीएम मशीनों में आई तकनीकी खराबी जिसको निर्वाचन अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही ठीक करा दिया गया और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है इस चरण में दस महिलाओं सहित छियानवें उम्मीदवार मैदान में हैं

मतदान के लिये छह हजार पांच सौ पचहत्तर मतदान केन्द्रों पर सोलह हजार छह सौ पैंतीस पोलिंग बूथ बनाये गये थे स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान के लिये एक लाख से अधिक पुलिस बल ग्राम चौकीदार पीआरडी जवानों सहित एक सौ सत्तावन कम्पनी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल और सैंतीस कम्पनी पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था लखनऊ से आकाशवाणी समाचार के लिये मैं मुल्तान सिंह यादव मेरठ में प्रमुख पार्टियों सहित ग्यारह प्रत्याशियों के राजनैतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है एक रिपोर्ट मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर आज पहले चरण का मतदान शांति पूर्वक संपन्न हुआ

जिला प्रशासन के मतदाता जागरूकता अभियान का असर आज साफ देखने को मिला लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया मॉडल बूथ और सखी बूथ भी बनाएं जिन पर सिविल डिफेंस के वार्डन ने अहम भूमिका निभाते हुए मतदान करने में लोगों की सहायता की मेरठ हापुड़ लोक सभा सीट पर भाजपा ने तीसरी बार सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर विश्वास जता कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा वही गठबंधन के बसपा प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी और कांग्रेस से हरेंद्र अग्रवाल चुनावी मैदान में है मेरठ में भाजपा व गठबंधन प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है

संगीता श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया का सिलसिला जारी है इसी क्रम में आज यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

सोनिया गांधी रायबरेली संसदीय क्षेत्र से पांचवीं बार अपना राजनैतिक भाग्य आजमा रही है यहां भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ कर भाजपा का दामन थामा है

समाजवादी पार्टी बसपा और आरएलडी गठबंधन ने रायबरेली से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है और इसे कांग्रेस पार्टी के लिये छोड़ दिया है उधर भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज अमेठी लोकसभा सीट के लिये भाजपा पत्याशी के रूप में नामांकन भरा है

श्रीमती ईरानी ने पिछला लोकसभा भी इसी संसदीय क्षेत्र से लड़ा था लेकिन वह हार गई थी इस सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं इस सीट पर भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई के आसार है सपा बसपा रालोद गठबंधन ने इस सीट से कोई उम्मीदवार न लड़ाने का फैसला किया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में प्रतिभाग करने का आह्वान किया है ताकि देश में लोकतंत्र के आधार को अधिक मजबूत और मुखर बनाया जा सके

निष्पक्ष और निर्भीक तौर पर मतदान करें ताकि प्रजातंत्र की जो हमारी नींव है और भी अधिक मजबूत और सशक्त हो सकें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग की दृष्टि और दायित्व तभी फलीभूत होगा जब मतदाताओं और विशेषकर नये मतदाताओं की लाकतांत्रिक व्यवस्था में भरपूर जोश और आस्था दिखाई दे श्री अरोड़ा ने कहा कि मतदान केन्द्रों पर पानी और रैम्प जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है अपने टवीट में श्री मोदी ने युवाओं और खासतौर से पहली बार मतदाता बने युवाओं से भारी संख्या में वोट देने का अनुरोध किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने एक ट्वीट संदेश मं मतदाताओं से देश के भविष्य के लिए समझदारी से वोट देने को कहा इस बीच लोकसभा की विभिन्न सीटों के लिए चुनाव प्रचार जारी है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता देश भर में अपनी सभाएं कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में कहा है कि यदि एनडीए सरकार फिर स चुनी जाती है तो वह छोटे व्यापारियों क लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करेगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अमरोहा के बादशाहपुर में गठबंधन में शामिल बसपा प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि सपा बसपा रालोद का महा गठबंधन देश में महा परिवर्तन की शुरूआत है

श्री यादव ने आरोप लगाया कि केन्द्र की एनडीए सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और आम नागरिक बदलाव चाहते हैं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

आगरा में हुए एक सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई है यह दुर्घटना आज सुबह फतेहाबाद इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उस समय हुई जब एक तेज़ रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी जिसके नतीजे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों में छह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल दो लोगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया दुर्घटना में मौत के शिकार हुये सभी लोग जौनपुर ज़िले के रहने वाले थे निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पीएम नरेन्द्र मोदी की रिलीज पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रोक लगा दी है आयोग ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में फिल्म से संबंधित कोई पोस्टर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए धन उपलब्ध कराने के वास्ते चुनावी बॉण्ड योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज आदेश सुरक्षित रखा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि इस पर कल आदेश सुनाया जायेगा पांचवें चरण के चुनाव के लिये अयोध्या ज़िले की फैज़ाबाद लोकसभा सीट से आज दूसरे दिन दो और उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये यहां अब तक चार नामांकन हो चुके हैं आज समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आनन्द सेन यादव और आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बूजेन्द्र दत्त त्रिपाठी ने अपना अपना नामांकन भरा कल कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री तथा लोक गठबंधन पार्टी की तरफ से विजय शंकर पाण्डेय नामांकन कर चुके हैं